बैठक में केंद्र तथा राज्य सरकारों की विभिन्न कल्याणकारी तथा विकास योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन तथा प्रगति के बारे में चर्चा की गई मुख्यमंत्री ने विभिन्न केंद्रीय तथा राज्य योजनाओं व राज्य में इनकी उपलब्धियों के बारे में अवगत करवाया उन्होंने राज्य के विकास तथा आम लोगों के कल्याण के लिए इनके प्रभावी कार्यान्वयन का आश्वासन दिया

इसके लिए अधिकृत बैंको की शाखाओं में पंजीकरण आज से कराया जा सकता है पहले यात्रा कर चुके श्रद्धालु भी इसके लिए पंजीकरण करा सकते हैं इसकी विस्तृत जानकारी श्रीअमरनाथ श्राइन बोर्ड की वेबसाइट डब्ल्यू डब्ल्यू डब्ल्यू डॉट श्री अमरनाथजी श्राइन डॉट कॉम पर उपलब्ध है

साक्षात्कार से संबंधित जानकारी आज के बाद आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध रहेगी भाजयुमो भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष विशाल चौहान ने कहा है कि मुख्यमंत्री जयराम ठाक्र के नेतृत्व में राज्य सरकार ने दो महीनों में ही विकास की गति दुरूस्त कर दी है एक बयान में उन्होंने कहा कि सरकार ने ड्रग खनन व भ्रष्टाचार माफिया पर पूरी तरह लगाम लगा कर वीआईपी कल्चर भी खत्म कर दिया है विशाल चौहान ने कहा कि लोकसभा चुनाव के लिए युवा मोर्चा रणनीति बनाकर काम करेगा उपायुक्त कांगड़ा के जिला उपायुक्त संदीप कुमार ने बैंकों से जिले में लोगों को नए उद्यम लगाने में खुले दिल से मदद करने का आहवान किया है धर्मशाला में एक बैठक में उन्होंने कहा कि नए उद्यमी तैयार होने से रोज़गार सृजन के नए रास्ते खुलेंगे और बैंकों को भी लाभ होगा आगजनी कुल्लू जिला के रामशिला बाजार में गत देर शाम आगजनी की एक घटना में एक मकान जलकर राख हो गया

दमकल विभाग के कर्मियों ने इस घटनास्थल पर समय पर पहुंचकर अन्य मकानों को नुकसान से बचा लिया मौसम राजधानी शिमला सहित प्रदेश के अधिकांश भागों में आज हल्के बादल छाए हुए हैं मौसम विमाग ने आज से प्रदेश के अधिक ऊंचाई व मध्यवर्ती इलाकों में कई स्थानों पर हिमपात और निचले मैदानी इलाकों में कृछ स्थानों पर गरज के साथ बारिश की संभावना जताई है अब एक नजर अखबारों की सुर्खियों पर आज अधिकांश समाचार पत्रों ने वन भूमि के अतिकमण पर कार्रवाई न करने पर हाईकोर्ट की फटकार से जुड़ी खबर को प्रमुखता दी है पंजाब केसरी की सुर्खी है बड़े कब्जाधारियों पर कार्रवाई नहीं हुई तो होगा निलंबन अमर उजाला का शीर्षक है कब्जे न हटाने पर पीसीसीएफ को दी निलंबन की चेतावनी दैनिक जागरण के शब्द हैं बड़े कब्जाधारियों पर करो कार्रवाई

मौसम से जुड़ी खबर पर दैनिक भास्कर लिखता है आज से चार दिन तक हो सकती है बारिश और बर्फबारी अमर उजाला के शब्द हैं आज से फिर बारिश बर्फबारी के आसार एनआईटी में पदोन्नति घोटाला हिमाचल दस्तक की एक खबर है आपका फैसला वन मंत्री गोबिंद ठाकुर के हवाले से लिखता है वन संपदा के संरक्षण को करे कार्य

दैनिक न्याय सेतु खाद्य नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता मामले मंत्री किशन कपूर के हवाले से लिखता है खराब राशन की आपूर्ति की गई तो करेंगे कड़ी कार्रवाई हिमाचल जेएंडके मंदिरों के एक टूर में होंगे दर्शन शीर्षक से अमर उजाला लिखता है जेएंडके की पर्यटन व संस्कृति राज्य मंत्री बोलीं क्षेत्र में हैं प्रसिद्व शक्तिपीठ अब एक नजर संपादकीय पन्ने पर दैनिक जागरण ने अपने संपादकीय शिक्षण संस्थानों में हिंसा में प्रदेश के शिक्षण संस्थानों में बढ़ रही हिंसक घटनाओं पर चिंता जताई है दिव्य हिमाचल ने अपने संपादकीय साझी विरासत की टोपी में लिखा है कि वास्तव में हिमाचल को एक बनाने और एक निगाह से देखने की जरूरत है और यह सरकार की मेहनत से प्रतीक्षारत है आपका फैसला ने अपने संपादकीय में प्रदेश में जाली नोट छापने के भंडाफोड़ मामले पर अपने विचार व्यक्त किए हैं शीर्षक है जाली नोटों का जाल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

नमस्कार